मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी व दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा ये आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट न्यूज ऑन ए आई आर डॉट कॉम तथा न्यूज ऑन ए आई आर मोबाइल ऐप्प पर भी उपलब्ध रहेगा इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आकाशवाणी दूरदर्शन समाचार प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना व प्रसारण मंत्रालय के यू टयूब चैनलों पर भी होगा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि अभी प्रदेश सरकार राज्य में लॉकडाउन लगाने के पक्ष में नहीं है लोग कोरोना से बचाव के लिए जारी दिशा निर्देशों का पालन करें उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के बढते मामलों पर एहतियात से ही अंकश लगाया जा सकता है बिलासपुर के श्री नयनादेवी जी विधानसभा क्षेत्र के स्वारघाट में पंचायत प्रतिनिधि सम्मान समारोह में उन्होंने कहा कि एक साल बाद भी देश व प्रदेश में कोरोना का कहर थमा नहीं है अगर फिर से लॉकडाउन लगता है तो इसका सीधा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा

अब सबसे बड़ा वैक्सीन अभियान चल रहा है

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज सोलन के प्रवास पर हैं

मुख्यमंत्री बाद में सोलन में भाजपा के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे प्रदेश के छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती की अध्यक्षता में पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों से सम्बन्धित सुचना एकत्रित करने के बारे में प्रश्नावलियों को अन्तिम रूप देने के लिए कल एक बैठक आयोजित की गई उन्होंने कचरे के वैज्ञानिक निपटान के लिये दीर्घकालीन योजना तैयार करने का सुझाव दिया बैठक में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में एकत्रित कचरे के निपटान व प्रसंस्करण पर चर्चा की गई इसके लिए प्रधान सचिव शहरी विकास की अध्यक्षता में एक उप समिति गठित करने का सुझाव भी दिया गया है प्रदेश में कोरोना संकमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी जारी है

अख़बारों की सुर्खियां पर आज सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है अमर उजाला का शीर्षक है कुमारहट्टी फ्लाईओवर खुलने से घटी चंडीगढ़ की दूरी टोल भी लगेगा

दिव्य हिमाचल के शब्द हैं कोरोना के नए स्ट्रेन ने बढ़ाई प्रदेश की टेंशन

आपका फैसला लिखता है स्वारघाट में खुलेगा विद्युत बोर्ड का उपमंडल अखबार की एक अन्य खबर है डॉक्टर मल्लिका नड्डा ने संभाला स्पेशल ओलंपिक की अध्यक्ष का कार्यभार

अमर उजाला की एक खबर है एक मृत शिक्षक को बनाया च्नाव अधिकारी दूसरा ट्रांसफर अजब गजब धर्मशाला नगर निगम चुनाव में प्रशासन और सिरमौर में शिक्षा विभाग की लापरवाही